यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा

सभी जिलों में प्रभात फेरी के साथ ही प्रदेश के विद्यालयों और महाविद्यालयों में गाँधी जी के आदर्शों पर आधारित चित्रकला निबंध प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे गाँधी जी के जीवन दर्शन पर आधारित प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया जायेगा रक्षामंत्री केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि भारत अपने दृढ़ संकल्प और नौसैनिक क्षमता बढ़ाने के बाद पाकिस्तान को जबर्दस्त टक्कर दे सकता है आज मुम्बई में भारतीय नौसेना के कालवेरी श्रेणी की युद्धक पनड़ब्बी आईएनएस खंडेरी का जलावतरण करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिरक्षा सेनाओं की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए वचनबद्ध है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित प्रदेश के कई मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों के मौजूद रहने की संभावना है

वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है नामांकन दाखिले के लिए कलेक्टोरेट कार्यालय पर भारी सुरक्षा इंतजाम किये जा रहे हैं

देश के साथ साथ प्रदेश में भी उनको याद कर श्रद्वांजलि कार्यक्रम आयोजित किये गये इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायड़ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की एक ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगत सिंह की वीरता साहस और देश को स्वतंत्र कराने के लिए उनका बलिदान हर भारतीय को प्रेरित करता रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहीद भगत सिंह वीरता और बलिदान के पर्याय हैं और उनके साहसी कार्य लाखों लोगों को प्रेरित करते रहे हैं उन्होंने कहा कि भगत सिंह युवाओं के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय हैं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

ग्राम सभाएं दो चरणों में होंगी पंचायतों में सौंपे गये इन विभागों के मैदानी कर्मी गांवों का सर्वे कर ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करेंगे इन योजनाओं को ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद भारत सरकार के विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराना होगा मीडिया कार्यशाला टीकमगढ़ में पीआईबी भोपाल पत्र सूचना कार्यालय द्वारा एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया कार्यशाला में पूर्व केन्द्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि समाज में बदलाव लाने और उसके विकास में मीडिया की बहत महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि पत्रकारों को समाज में हो रहे सकारात्मक कार्यो को आम जनता के सामने लाना चाहिये श्री कुमार ने मीडिया कार्यशाला वार्तालाप आयोजित करने के लिये पीआईबी को बधाई देते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार प्रसार में ऐसी कार्यशाला काफी सहायक होती हैं उन्होंने मीडिया से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में सहयोग करने का आहवान किया कार्यक्रम में पीआईबी भोपाल के अपर निदेशक सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे पितृमोक्ष आज सर्व पितृमोक्ष और शनिश्चरी अमावस्या के अवसर पर श्रद्वालुओं ने प्रमुख नदियों में स्नान कर अपने पितरों के लिये तर्पण किया उज्जैन में आज क्षिप्रा नदी के त्रिवेणी और रामघाट सहित अन्य घाटों पर श्रद्वालुओं ने स्नान कर शनिदेव की विधिवत पूजा अर्चना की यहां कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश की वजह से क्षिप्रा नदी ऊफान पर है जिससे सभी घाट जलमग्न हैं इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने श्रद्वालुओं को घाटों पर नहीं जाने के लिये आग्रह किया और स्नान के लिये नदी के समीप ही वैकल्पिक व्यवस्था कर श्रद्दालु को फ्वारों से स्नान करवाया गया होशंगाबाद की नर्मदा नदी के तटों और घाटों पर श्रद्वालु नर्मदा में स्नान कर अपने पितरों का श्राद्व किया जबलपुर के भेड़ाघाट नरसिंहपुर के बरमान और पिपरिया के साडिया में भी बड़ी संख्या में श्रद्वालु पहुंचे जिला प्रशासन पुलिस और नगरपालिका ने नदी के घाटों पर समुचित व्यवस्थाएं की थी

इस दौरान श्रद्वाल् शनि मंदिरों में तेल चढ़ाया और अभिषेक किया अन्य जिलों से भी पित्रमोक्ष अमावस्या के श्रद्धापूर्वक मनाये जाने के समाचार हैं मौसम रूक रूक कर बन रहे मानसूनी सिस्टम के कारण प्रदेश के कई जिलों में वर्षा का दौर अभी भी जारी है आज सुबह से राजधानी भोपाल और उसके आस पास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ रूक रूककर बारिश हुई डिंडोरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है नदी नाले ऊफान पर हैं सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है